जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की धमतरी जिले के कंडेल गांव में बीती रात भारी बारिश के चलते एक जर्जर मकान के ढह जाने से मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत हो गई चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए रायपुर में आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में तीन छात्रों की मौत हो गई

नई दिल्ली स्थित स्मृति स्थल में श्री वाजपेयी की पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया

उनके नेतृत्व द्रदर्शिता परिपक्वता और वाकपट्टता की विशिष्ट शैली ने उन्हें असाधारण बना दिया उन्होंने कहा कि महान व्यक्तित्व वाले अटल जी की कमी सभी को खलेगी वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री वाजपेयी बहुत ही मिलनसार और सर्वप्रिय प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी के निधन से देश ने एक बहुमूल्य रत्न खो दिया है

उन्होंने कहा कि अटल जी के निधन से भारत ने अपना अनमोल रत्न खो दिया है और उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने नेतृत्व और संघर्ष के ज़रिए अटल जी ने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाया और इन्हें देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने श्री वाजपेयी को सच्चे अर्थो में लोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि एक असाधारण व्यक्ति के रूप में विपक्ष पर उनका वर्चस्व रहा तथा उन्होंने संयम और आत्मविश्वास के साथ सरकार का नेतृत्व किया वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वाजपेयी एक प्रखर वक्ता प्रभावशाली कवि असाधारण जनसेवक उत्कृष्ट सांसद और महान प्रधानमंत्री थे

उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक भी मौजूद थे श्री वाजपेयी के निधन पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया वहीं छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की है इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा श्री वाजपेयी को श्रद्वांजलि अर्पित की गई अंबिकापुर के मैनपाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी डेंगू बचाव इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के चिकित्सकों ने दुर्ग जिले में डेंगू से हो रही मौतों को देखते हुए इस बीमारी से बचाव के उपाए बताए हैं चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि वे डेंगू से बिल्कुल भी भयभीत न हो केवल कुछ सावधानियों का ध्यान रखें आईएमए के डॉक्टरों ने कहा है कि डेंगू से पीड़ित लोग घबराए नहीं उन्होंने बताया कि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो सात से दस दिन में ठीक हो जाता है आईएमए के डॉक्टरों ने बताया कि कहीं भी साफ या गंदा पानी जमा न होने दे और यदि ब्खार सिरदर्द पेट दर्द हो तो सिर्फ डेंगू की जांच और सीबीसी कराएं प्रारंभिक अवस्था में डेंगू का संक्रमण होने पर घर पर ही इलाज संभव है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दुर्ग ने पंद्रह अगस्त से दस दिनों के लिए सुबह नौ से ग्यारह बजे तक आईएमए बिल्डिंग दुर्ग में डेंगू की जांच के लिए व्यवस्था की है लोगों को जागरूक करने के लिए आईएमए के डॉक्टर स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों में लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय भी बता रहे हैं

वहीं चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए मिली जानकारी के अनुसार यह घटना उस समय हई जब परिवार के सभी सदस्य कल रात खाना खाने के बाद सो रहे थे इसी दौरान घर की छत भर भराकर गिर गई जिससे मलबे में परिवार के सात सदस्य दब गए इसके बाद ग्रामीणों ने इन लोगों को मलबे से बाहर निकाला जिनमें से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी मृतकों में दो साल का एक बच्चा भी है घटना में गंभीर रूप से घायल चार अन्य लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है बताया जा रहा है कि यह मकान काफी जर्जर हालत में था और लगातार हो रही बारिश की वजह से ढह गया दुर्घटना राजधानी रायपुर में आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में तीन छात्रों की मौत हो गई ये तीनों रायपुर के एक निजी कॉलेज में पढ़ रहे थे मिली जानकारी के अनुसार ये तीनों छात्र मोटरसाइकिल पर सवार होकर नया रायपुर जा रहे थे इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल डिवाइडर में लगे बिजली के खंभे से टकरा गई जिससे ये छात्र मोटरसाइकिल से छिटककर दूर जा गिरे सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई यह घटना मंदिर हसौद और नया रायपुर के बीच हुई मृतकों में दो छात्र कांकेर और एक राजिम का रहने वाला था गांजा बरामद राजधानी रायपुर में आज पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से एक सौ साठ किलो गांजा बरामद किया है जिसकी कीमत करीब बारह लाख रूपये बताई जा रही है इस मामले में पुलिस ने कार में सवार तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है

पुलिस ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ओडिशा की ओर से आ रही एक कार को रोककर तलाशी ली गई

इस गांजे को ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा था मौसम पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है दक्षिण छत्तीसगढ़ में कई दिनों से हो रही भारी बारिश से आज राहत मिली है क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई वहीं अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार राजनांदगांव के ऊपर से एक मानसूनी द्रोणिका गुजर रही है जिसकी वजह से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है मतदाता सूची वाचन आम नागरिकों में मतदान के प्रति जागरूकता लाने प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं और नगरीय निकायों के वार्डो में मतदाता सूचियों का सार्वजनिक वाचन किया जाएगा वहीं मतदान में अनिवार्य रूप से शामिल होने को लिए ग्राम सभाओं और वार्डो में आम लोगों को शपथ भी दिलायी जाएगी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने राज्य के सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी कर जन जागरूकता लाने की अपेक्षा की है उन्होंने सभी गांवो और शहरों में निर्धारित कार्यक्रमों और तिथियों का पर्याप्त प्रचार प्रसार और मुनादी कराने को कहा है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पंद्रह अगस्त के बाद किसी निर्धारित दिन और दो अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं